ट्रेन परिचालन और सुरक्षा देने में अव्वल रहे रांची रेल मंडल को मिलेगा पांच श्रेणियों में पुरस्कार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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह प्रसारण रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा

यह कार्यक्रम उत्तराखंड के मायावती स्थित अद्वैत आश्रम ने आयोजित किया है

यह पत्रिका भारत की प्राचीन े अध्यात्मिक परंपरा के संदेश का प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है इसका प्रकाशन मद्रास से आरंभ किया गया था जहां से यह दो वर्षों तक प्रकाशित होता रहा इसके बाद इसे अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरूआत की

इस कार्यक्रम में बजट पर आर्थिक विशेषज्ञों का गहन विश्लेषण विशेष बजट बुलेटिन बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार भी मुख्य रूप से प्रसारित होंगे

बजट सत्र में राष्ट्रापति के अभिभाषण पर धन्यावाद प्रस्ताव पर चर्चा आवश्यक विधायी कार्य और अन्य कामकाज सत्र के दौरान होगा श्री जोशी ने बताया कि चार विधेयक अध्यायादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में तेज आर्थिक सुधार हो रहा है जो अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती और संकट से उबरने की क्षमता का प्रमाण है विशाल टीकाकरण अभियान सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत सुधार तथा उपभोग और निवेश में तेज वृद्धि के बल पर यह आर्थिक सुधार हुआ है

प्रमुख आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यन ने कहा कि बिजली की मांग माल ढुलाई ई वे बिल जी एस टी संकलन और स्टील की खपत जैसे संकेतों में तेजी लौटने के बल पर यह सुधार आया है

संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने फिर कहा कि कृषि मंत्री बातचीत के लिए हर समय उपलब्ध हैं

यह बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई

श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि किसानों को आगे बढना चाहिए और सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार है श्री जोशी ने बताया कि उन्होंने सदन में व्यापक बहस और संसद के सुचारू कामकाज के महत्व पर बल दिया केन्द्र ने जनजातीय समूहों को वन्य उपज का उचित मूल्य और पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना बनाई है

इन वस्तुओं में तसर रेशम कीट सूखा सेव बाँस मलकांगनी बीज और जंगली सूखा मशरूम शामिल हैं

दो जिले लोहरदगा और हजारीबाग में टीकाकरण नहीं हुआ

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की बैठक के दौरान उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों का प्रतिशत बढ़ाने की सलाह दी उन्होंने कहा कि कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीकाकरण की औसत संख्या में सुधार की व्यापक संभावनाएं हैं

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य जिला और प्रखंड स्तर के कार्यबलों की नियमित समीक्षा बैठक सुनिश्चित करने की सलाह दी इन्हें वैक्सीन के लाभार्थियों को जाने से पहले टीकाकरण प्रमाण पत्र देने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया

जबकि राज्य में कोरोना से रांची जिले से एक मरीज की मौत हुई है

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति में व्यापक संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों अध्यापकों पाठ्यक्रम और बुनियादी सुविधाओं को एक नीति के तहत रखने पर जोर दिया गया है श्री निशंक ने सी बी एस सी गल्फ सहोदय के प्रधानाचार्य वार्षिक सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए शुरूआती वर्षो में बचपन में देखभाल और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से समग्र आंकलन और प्रगति सुनिश्चित होगी सम्मेलन के दौरान श्री निशंक को हिन्दी साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए ज्ञान सरोवर प्रस्कोर से सम्मानित किया गया रांची रेल मंडल ट्रेनों के परिचालन और सुरक्षा देने में दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में पहले स्थान पर रहा है इस उपलब्धि के लिए दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय की ओर से रांची रेल मंडल को पांच श्रेणियों में पुरस्कृत किया जायेगा

मंडल के उप महाप्रबंधक आर शर्मा ने बताया कि जिन पांच श्रेणियों में पुरस्कार दिये जायेंगे उनमें बेस्ट केप्ट स्टेशन शील्ड बेस्ट सिक्यूरिटी शील्ड आउटस्टैंडिंग रिकवरी शील्ड पंक्चुअलिटी शील्ड और बेस्ट कोचिंग डिपो शील्ड शामिल है रेलवे ने पांच फरवरी से रांची नयी दिल्ली गरीब रथ स्पेशल और हटिया पूणे ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है रांची नयी दिल्ली गरीब रथ स्पेशल ट्रेन पांच फरवरी से अगले आदेश तक सप्ताह में तीन दिन सोमवार मंगलवार और शुक्रवार को रांची से चलेगी वहीं हटिया पूणे स्पेशल ट्रेन पांच फरवरी से अगले आदेश तक सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुकवार को हटिया से चलेगी पलामू जिल में ठंड की वजह से जनीजवन प्रभावित हुआ है हमारे पलामू संवाददाता ने बताया कि मौसम में बदलाव लगातार जारी है डालटनगंज समेत जिले के अन्य हिस्सों में दो दिनों तक हल्की बारिश दर्ज हुई इसका असर न्यूनतम तापमान के साथ उच्चतम तापमान पर भी देखने को मिला है

इसकी अध्यक्षता प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने की

इसके आधार पर चयनित टीम चंडीगढ़ जाएगी

राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने नयी दिल्ली में कल हुए सर्वदलीय बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है

दैनिक हिन्दुस्तान ने भी सर्वदलीय बैठक की खबर को पहले पन्ने पर लिया है अखबार की सुर्खी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों को दिया प्रस्ताव अब भी बरकरार दैनिक जागरण ने लिखा है एक फोन पर सरकार वार्ता को तैयार प्रधानमंत्री ने कृषि कानून विरोधी किसानों को बातचीत की मेज पर लौटने का दिया विकल्प स्थानीय रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा टाना भगतों को सरकार वस्त्र के लिए देगी भत्ता वहीं अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने भी सर्वदलीय बैठक की खबर को पहले पन्ने पर लिया है अखबार ने लिखा है कृषि कानून विरोधी किसानों को दिये गए प्रस्ताव का विकल्प अभी भी खुला है